मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रतापगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास कानप्र के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशयलिटी ब्लाक की भी रखी आधारशिला भारतीय वायु सेना ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश की नाकाम पाकिस्तानी वायुसेना के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान में आतंकी गिरोह जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई की सराहना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को नये भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय युवा संसद समारोह प्रस्कार प्रदान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा से भरपूर आज के युवा अनेक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं आज का युवा मल्टी टॉस्किंग के लिए पहले से ही तैयार है और इसलिए कई काम एक साथ करता है वो एंबीशन से भरा हआ है क्योंकि वो बहत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और यही तो न्यू इंडिया का आधार है जो हमारी सरकार ने देश के यवाओं के सपनों को साकार करने के लिए युवाओं में आत्म विश्वास बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है

श्री मोदी ने कहा कि भारत को नई उंचाईयों तक ले जाने के लिए हर देशवासी को कार्य करना होगा प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से आग्रह किया कि समाज की बेहतरी के लिए उन्नत संचार कौशल विकसित करना चाहिए उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रेरक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद समारोह से आपसी चर्चा की बेहतर प्रक्रिया विकसित होगी ये ऐसा मंच है जो आप सभी की रॉ एनर्जी को एक शेप देगा एक दिशा देगा यहां से जो आइडियाज जो सीख आप लेकर जायेंगे उनसे ही कृछ नया सुजित होगा जो नये भारत की आत्मा नये भारत के नये संस्कारों का निर्माण करेगा साथियो पार्लियामेंट जितना प्रोडेक्टिव होगा देश उतना प्रोप्रेसिव होगा और इसलिए मैं जब यूथ पार्लियामेंट में आया हूं हम क्या कर रहे हैं इसका जरा हिसाब भी देना चाहता हूं और देश को पता होना चाहिए जिन एमपीज को आप जीता करके आप भेजते हो वो कर क्या रहा है राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का पहला पुरस्कार नागपुर की श्वेता उमरे को दिया गया दूसरा पुरस्कार बैंगलूरू की अंजनाक्षी और तीसरा पुरस्कार पटना की ममता कुमार ने प्राप्त किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया एप का उदघाटन किया जो देश के खेलों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करायेगा

इस अवसर पर उन्होंने दो सौ पचहत्तर करोड़ रूपये की लागत वाली योजनाओं का भी लोकार्पण किया इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से प्रतापगढ़ में यह मेडिकल कॉलेज दो हजार इक्कीस तक बनकर तैयार हो जायेगा इससे पहले कानप्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्द्वन की उपस्थिति में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में एक सुपर स्पेशयलिटी ब्लाक की भी आधारशिला रखी सात मंजिला इस इमारत में दो सौ चालीस बेड क्षमता के बारह सुपर स्पेशिलिटी विभाग बनाये जायेंगे इस अवसर पर बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि दो हजार चौदह तक राज्य में केवल तेरह सरकारी मेडिकल कॉलेज थे केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के आने के बाद राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में इस समय पन्द्रह मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है उन्होंने बताया कि गोरखपुर और रायबरेली में एक एक एम्स खोला जायेगा इनकी ओपीडी शुरू हो चुकी है

श्री नाईक कल शहीद चन्द्रशेखर आजाद की पृण्य तिथि पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में अमर शहीद को अपनी श्रद्वाजंति अर्पित कर रहे थे

रेलयात्री अब खाली सीटों के बारे में पूरी जानकारी चार्ट बनने के बाद भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में चार्ट की तैयारी के बाद खाली वर्थ की स्थिति दर्शाने और बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का लोकार्पण किया इससे उपभोक्ताओं को विभिन्न डिब्बों में बर्थ की जानकारी चित्र के रूप में उपलब्ब होगी भारत ने अपने सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी वाय्सेना के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत की हवाई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने कल सुबह अपने लड़ाकू विमानों से जवाबी कार्रवाई की लेकिन भारत की सतर्कता और तैयारी के कारण उसकी यह कोशिश नाकाम हो गई प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सीमा में लोगों ने इस विमान को गिरते हुए देखा प्रवक्ता ने कहा कि इस कार्रवाई में भारत ने दुर्भाग्यवश अपना एक मिग इक्कीस विमान खोया है और वायु सेना का एक पायलट पाकिस्तान की हिरासत में है भारत ने कल पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में समन किया और भारतीय वायु सेना के पायलट की फौरन सुरक्षित वापसी की मांग की एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भारतीय सुरक्षा कर्मी को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए भारत ने घायल रक्षा कर्मी को भद्दे तरीके से प्रदर्शित किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति की है और कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून तथा जिनेवा संधि का उल्लंघन है अमरीका और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा सहित उसकी जमीन से चलाए जा रहे सभी आतंकी गुटों पर तत्काल और सार्थक कार्रवाई करने को कहा है अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद क्रैशी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई से बचने को कहा उधर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिस पायने ने कहा कि पाकिस्तान को जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लागू करने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए चीन और रूस ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में भारत के साथ और अधिक समन्वय से काम करने पर सहमति व्यक्त की है इसे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की भारत की कोशिशों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है पूर्वी चीन स्थित वूजेन शहर में कल हुई रूस भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह प्रतिबद्वता व्यक्त की गई तीनों राष्ट्रों ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि चरमपथी संगठनों का समर्थन नहीं किया जा सकता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेशमंत्री सर्जेई लवरोव के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाने की अपील की श्रीमती स्वराज ने आतंकवाद को मानवता के लिए एक खतरा बताते हुए इसके उन्मूलन के कार्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान में आतंकी गिरोह जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर भारतीय वायसेना की हवाई कार्रवाई और उनकी वीरता तथा शौर्य की सराहना की कल नई दिल्ली में हई इक्कीस विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में इन पार्टियों ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की और शहीदों के प्रति श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए आतंकवाद को कुचलने में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बैठक में पाकिस्तान के दुस्साहस की निंदा की गई और लापता हए भारतीय विमान की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यू पी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार सहित कई नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी द्वारा कल सीतापुर में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों के लिये एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विनय राज तिवारी ने बताया कि इस कार्यशाला में केन्द्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि स्वच्छता मिशन कौशल विकास मिशन और उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानाकारी दी गई पीआईबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने बताया कि उनका विभाग सरकार और पत्रकारों के बीच संवाद का एक मंच उपलब्ध कराता है ताकि मीडिया की समस्याओं और सुझायों को सरकार तक पहुंचाया जा सके

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह राशि स्वीकार करते हुए कहा कि इस अभियान में गंगा की करीब चालिस सहायक नदियों की सफाई भी की जायेगी